उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी सावधान रहने की जरूरत है नई दिल्ली में ऑनलाइन इंटरनेशनल कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कम वक्त में कोरोना का टीका तैयार होना मनुष्य की बुद्धिमता का परिचायक है

इसमें एक हजार पांच सौ एकहत्तर सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख आठ हजार नौ सौ चालीस मरीज ठीक हुए हैं

अब तक राज्य में कोरोना से नौ सौ निन्यानबे लोगों की मौत हुई हैं

इसके साथ ही आज से अमरीका में इस वैक्सीन के उपयोग का अभियान शुरु हो जाएगा कोरोना वायरस से अब तक अमरीका में करीब तीन लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है

स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सिंग होम में रह रहे लोगों को सबसे पहले यह वैक्सीन दी जाएगी अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि समूचे देश में टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई महीने साहस और हिम्मत के साथ काम करना होगा इस घोषणा के बाद पूरे देश में वैक्सीन की सीमित आपूर्ति के वितरण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों निजी कंपनियों और स्वास्थ्य कर्मियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं

एक ट्वीट में प्रत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया और कहा है कि केन्द्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है

प्रोजेक्ट भवन में श्री सोरेन पहले पेयजल विभाग उसके बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की प्रगति की पूरी जानकारी लेंगे

वित्त सचिव डॉक्टर एबी पांडेय आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरूण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार केवीसुब्रमण्यन सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित हैं पिछले कई वर्षो से वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट संसद में पेश करने से पहले उद्योग और वाणिज्य संघों व्यापारिक तथा निर्यात संगठनों के साथ विचार विमर्श कर उनकी सलाह लेता रहा है

राजस्व विभाग सूत्रों ने कहा कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से फर्जी चालान धोखाधडी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जीएसटी चोरी के मामलों का भी खुलासा हुआ है डीजीजीआई ने चार हजार आठ सौ उनतालीस फर्जी संस्थाओं के खिलाफ एक हजार चार सौ अठासी मामले दर्ज किए हैं रेल मंत्रालय ने अनारक्षित टिकट जारी होने के बारे में मीडिया में आई खबरों को खारिज कर दिया है मंत्रालय ने बताया कि सभी रेलगाडियों में केवल आरक्षित टिकट से ही यात्रा हो रही है एक वक्तव्य में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विशेष त्यौहारी रेलगाडियों और विशेष क्लोन गाडियों समेत सभी एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह आरक्षित रखने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों को कुछ क्षेत्रों में केवल उपनगरीय और लोकल यात्री रेलगाडियों में ही अनारक्षित टिकट जारी करने की ॅअनुमति दी गई है रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाडियों के परिचालन यात्रा और आरक्षण संबंधी नियम कोविड परिस्थितयों के अनुरूप निरन्तर बदलते रहते हैं

अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में जल और स्वच्छता के वरिष्ठ विशेषज्ञ जेवियर शॉव द ब्यॉशीन ने कहा कि बैंक को भारत में किए गए सभी कार्यो पर बहत गर्व है पांच साल पहले किसने सोचा था कि देश में पचपन करोड़ लोग खुले में शौच करना बंद कर देंगे

आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की

आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है इससे पहले आरटीजीएस सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोडकर सभी कार्य दिवसों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से बड़ी राशि का तत्काल लेन देन किया जा सकता है इससे न्यूनतम दो लाख रुपये तत्काल भेजे जा सकते जबकि अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है वहीं दूसरी ओर एनईएफटी के माध्यम से दो लाख रुपये तक की राशि का लेन देन किया सकता है और इस लेन देन में दो घंटे का समय लगता है

इस दौरान उन्होंने महिला उत्पीड़न को लेकर आरोपियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से राज्यपाल को अवगत कराया

पुलिस लाइन स्थित हॉल में चली मतगणना में जितेन्द्र किंडो अध्यक्ष चुने गए